इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सेना के शीर्ष अधिकारी जल थल और वाय् सीमा पर चीनी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेंगे बैठक के बाद सशस्त्र सेनाओं को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की सेना के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए पूरी आजादी दी गई बैठक में चीन के साथ सीमा पर चौकसी के अलग अलग रणनीतिक तरीके अपनाने पर भी चर्चा हई

केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जितेन्द्र सिंह ने आज एक वर्च्अल बैठक में उत्तर पूर्व पर विशेष ध्यान देने के साथ विकास आकांक्षी जिलों में कोविड की स्थिति और स्वास्थ्य स्विधाओं की समीक्षा की

डॉक्टर सिंह ने बैठक में कहा कि विकास आकांक्षी जिले की अवधारणा उनचास प्रम्ख संकेतकों पर आधारित है जिनमें स्वास्थ्य सेवा की स्थिति एक महत्वपूर्ण घटक है उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों को स्वास्थ्य संबंधी परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव भेजने का विकल्प दिया है

उन्होंने असम के विकास आकांक्षी जिलों गोलपारा में आय्ष्मान भारत योजना को लगभग शतप्रतिशत और ध्बरी में पचासी प्रतिशत लोगों द्वारा अपनाने के लिए इन जिलों की सराहना की

जिसमें एक सौ अद्वारह सक्रिय मामला है और अन्य इक्कीस ठिक हो च्के है चार नए मामलों में तीन एन डी आर एफ पर्सनल है

इन पंद्रह मामलों का क्वारेंटाइन फेसेलिटी में पता चला है सभी एसिम्टोमेटिक है और उन्हें लेखी स्थित कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया गया है वहीं छह मरीजों का लगातार दो बार जांच के बाद निगेटीव परिणाम आने पर उन्हें रविवार को इस सलाह के साथ कि वे चौदह दिन होम क्वारेंटाइन में रहकर स्वयं निगरानी करे उन्हें रिहा कर दिया गया है डिस्चार्ज किए गए लोगों में चार ईस्ट सियांग जिला और दो ईटानगर राजधानी क्षेत्र के है वहीं ईस्ट सियांग जिले के डिस्चार्ज किए ह्ओं में दो फ्रंटलाइन वरकर्स और अन्य दो दूसरे राज्यों से लौटे रिटर्नी है पासीघाट ईस्ट विधायक कालिंग मोयोंग और जिला उपाय्क्त डॉकिन्नी सिंह ने मरिजों को डिस्चार्ज सार्टिफिकेट देते हए उनके सकारात्मक रवैये की प्रशंसा की

प्रदेश प्लिस के प्रवक्ता ने जानकारी देते हए कहा कि एक्सिस बैंक में अरुणाचल प्रदेश पुलिस वेलफेयर फंड के करीब बयालीस लाख रुपये को अवैध तरीके से निकाल लिया गया था जिसमें बैंक के ही क्छ कर्मचारी शामिल थे एस आई टी के एस पी नवदीप सिंह बरार के नेतृत्व में जांच टीम ने बैंक के वरिष्ठ अधिकारियं की मदद लेते हुए अब तक चार बैंक कर्मियों को हिरासत में ले लिया गया है और धोखाधड़ी से निकाली गई पूरी रकम बरामद कर ली गई है